यह किसी की नागरिकता छीनता नहीं है श्री नड़डा आज कोलकाता में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की अभिनन्दन रैली को सम्बोधित कर रहे थे श्री नड़डा ने विपक्षी दलों के नेताओं पर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों के बीच भ्रम फैलाने और देशवासियों को ग्मराह करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान ने आजादों के बाद अल्पसंख्यकों की रक्षा का संकल्प लिया था लेकिन दोनों देशों के रास्ते बदल गये भारत ने सदैव समी धर्मो के लोगों को बराबर सम्मान दिया श्री नडडा ने कहा कि भारत ने पड़ोसी देशों पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों को अपने यहां शरण दी जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें इस अधिनियम के तहत नागरिकता दी है उन्होंने कहा कि प्रा बंगाल आज नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रम की रिथति पैदा की जा रही है आज जयप्र में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री चौहान ने कांग्रेस से सवाल किया कि वह विरोध प्रदर्शन के नाम पर फैलाई जा रही हिंसा का विरोध क्यों नहीं कर रही है ये देश हम सबका है

ये कानून नागरिकता देने का कानून है लेने है ही नहीं

ये देश उनका भी है इसलिए ऐसा कोई प्रावधान इसमें है ही नहीं जनता सच्चाई जानती लेकिन और सच्चाई बताने के लिए और भ्रम दूर करने के लिए हम जनता के बीच जाएंगे प्रदेश सरकार ने फिर कहा है कि हाल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की लागत उपद्रवियों से वसुल की जाएगी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कल लखनऊ में कहा कि इस सिलसिले में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो लोग जुर्मोना अदा करने की स्थिति में नहीं होंगे उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली जाएगी उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहंचाने वालों से इसकी वसूली की जाए इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के बुद्धिजीवियों और विद्वानों से अपील की है कि वे कानन व्यवस्था बनाये रखने में सरकार की सहायता करे आकाशवाणी ने भी इस दिशा में पहल कर समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के संदेशों का प्रसारण श्रू किया है लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई के निदेशक डॉएके त्रिपाठी और राम मनोहर लोहिया विकित्सा संस्थान के निदेशक ने आकाशवाणी समाचार के माध्यम से राज्य के लोगों से अपील की है कि उन्हें संशोधित नागरिकता कानून को पढ़ना तथा समझना चाहिए और अफवाहों से ग्मराह नहीं होना चाहिए अमी जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास हआ है विदेशियों के लिए जो और देशों में जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान से प्रताड़ित हो गए थे विमिन्न समुदाय और धर्म के लोग जैसे हिन्दू क्रिस्चियन पारसी सिख जैन और बौद्व ये प्रताड़ित होकर भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप प्राप्त होना आवश्यक है और यह एक तरह की फास्ट्रेक प्रक्रिया जब से श्रू की है

ये किसी को निकालने की प्रक्रिया नहीं है क्योंकि अपने देश में सभी धर्मों के लोग एक भाईचारे से रह रहे हैं

देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की एक सौ सत्रहवीं जयन्ती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित कर रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में विधानसभा में चौधरी चरण सिंह के चित्र पर मात्यार्पण कर उन्हें भावमीनी श्रद्वांजलि दी आज के दिन को प्रदेश सरकार किसान सम्मान दिवस के रूप में मना रही है इस अवसर पर लखनऊ में किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री श्री योगी ने प्रदेश में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यो के लिए किसानों को पुरस्कृत किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में गम्भीरता से कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाओं से किसानों को आर्थिक और सामाजिक सहायता एवं सुरक्षा प्रदान की जा रही है